मास्क पहनें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

इसके लिए आठ हजार एक सौ करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं इस योजना का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक बुनियादी ढांचे के अंतर्गत सार्वजनिक निजी भागीदारी को बढ़ावा देना परिसंपत्तियों के क्शल निर्माण और उनके उचित संचालन और रख रखाव को सुनिश्चित करना है इसका उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक रूप से आवश्यक परियोजनाओं को व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य भी बनाना है आज नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं को जानकारी देते हुए वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि यह धनराशि का उपयोग जलशोधन जलापूर्ति अवशिष्ट प्रबंधन स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में किया जाएगा इन क्षेत्रों में आमतौर पर बैंको से ऋण मिलने में कठिनाई आती है उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार परियोजना लागत का तीस प्रतिशत खर्च वहन करेगी और तीस प्रतिशत खर्च राज्य सरकार या योजना को प्रायोजित करने वाला केन्द्रीय मंत्रालय वहन करेगा यह योजना एक महीने के अंदर चालू हो जाएगी

इस कार्यक्रम में केंद्रीय विधि मंत्री पेट्रोलियम मंत्री ओडिशा के मुख्यमंत्री ओडिशा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं इस अवसर पर एक कॉफी टेबल बुक का भी विमोचन किया गया

विधानसभा कें एकदिवसीय विशेष सत्र में दुमका और बेरमो उपचुनाव में नवनिर्वाचित दोनों विधायकों को विधानसभा की सदस्यता की शपथ दिलायी गयी वहीं शोक प्रस्ताव में दिवंगत अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हाजी हसैन अंसारी पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान और पूर्व मुख्य सचिव सजल चक्रवर्ती समेत अन्य दिवंगत आत्माओं को श्रद्वांजलि भी दी गयी

मुख्यमंत्री को ग्रामीणों ने बताया कि पुनिसर स्थित स्वास्थ्य उपकेंद्र को सीआरपीएफ के कैम्प में परिवर्तित कर दिया गया है जिससे स्वास्थ्य सुविधा उन्हें उपलब्ध नहीं हो पा रही है

इसलिए स्वास्थ्य केंद्र से सीआरपीएफ के जवानों को अन्यत्र स्थानांतरित किया जाए इस पर मुख्यमंत्री ने विचार करने का भरोसा ग्रामीणों को दिया राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर पंचान्य्बे दशमलव दो आठ प्रतिशत हो गई है यहां अब तक एक लाख चार हजार नौ सौ चालीस कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं इनमें निन्यान्बे हजार नौ सौ अठासी लोग स्वस्थ हो चके हैं और चार हजार बयासी लोगों का इलाज चल रहा है तथा नौ सौ दस संक्रमितों की जान जा चुकी है राज्य में फिलहाल सबसे ज्यादा एक हजार दो सौ तीस संक्रिय मामले पूर्वी सिंहभूम और एक हजार एक सौ इक्यासी रांची में हैं वहीं अठारह ऐसे जिले हैं जहां सक्रिय मामलों की संख्या सौ से भी कम हो चुकी है इधर पिछले चौबीस घंटे में चार सौ छप्पन लोगों ने कोरोना को मात दी साहेबगंज जिले में मल्टीमॉडल टर्मिनल बंदरगाह से स्टोन चिप्स पानी जहाज से बांग्लादेश भेजने की योजना तैयार की जा रही है

उन्होंने जिले के सभी प्रखंडों में चल रहे आधार पंजीयन सेंटर के माध्यम से आधार पंजीयन सुनिश्चित करने की बात कही इसे लेकर उन्होंने डीपीओ युआईडी को प्रखंडों में चल रहे आधार पंजीकरण का समय समय पर निरीक्षण करते रहने की सलाह दी वे आज जिला समाहरणालय के सभागार में ई गवर्नेस कार्यो की समीक्षा कर रहे थे

इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि पानी एक दुर्लभ प्राकृतिक संसाधन है जो जीवन का आधार खाद्य सुरक्षा और सतत विकास के लिए आवश्यक है लगातार किए गए टवीट संदेशों में श्री नायड् ने कहा कि यह सभी जिम्मेदारी है कि इस सीमित कीमती संसाधन को बचाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएं उन्होंने बेस्ट स्टेट अवार्ड के लिए तमिलनाड़ को श्भकामनाएं दीं महाराष्ट्र को दूसरा और राजस्थान को तीसरा पुरस्कार मिला है कार्यक्रम में जल संरक्षण तथा प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने को लेकर हजारीबाग के जन जागरण केन्द्र को राष्ट्रीय पुरस्कार में प्रथम स्थान मिला हजारीबाग सूचना भवन में वेबिनार से जुड़े लाईव कार्यक्रम के पश्चात जनजागरण केन्द्र के सचिव संजय कुमार सिंह ने बताया कि संस्थान की ओर से झारखण्ड राज्य के कोडरमा हजारीबाग धनबाद बोकारो रांची और खूंटी आदि जिलों गांव का पानी गांव में खेत का पानी खेत में संरक्षित करने के निमित बेहतर कार्य किया गया

पलामू जिले की पुलिस ने तीन अफीम तस्करों सहित छह अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है पुलिस ने मोटरसाईकिल चोरी करने वाले एक गिरोह का खुलासा करते हुए तीन युवकों को गिरफतार किया इनमें से दो युवकों को मेदिनीनगर और एक को गढवा जिले के मेराल से गिरफ्तार किया गया इनकी निषानदेही पर चोरी की तीन मोटरसाईकिल भी बरामद की गई वहीं मेदिनीनगर शहर थाना पुलिस ने अफीम की खरीद बिक्री में शामिल तीन लोगों को भी गिरफ्तार किया है इसमें एक अंतर्राज्यीय तस्कर शामिल है शहर के बस डिपो रोड एक होटल में छापेमारी कर इन्हें करीब एक किलो अफीम के साथ गिरफ्तार किया गया है खूंटी जिले के मुरहू थाना क्षेत्र से पुलिस ने लेवी वसूलने आये प्रतिबंधित नक्सली संगठन पीएलएफआई के तीन सकिय सदस्यों को गिरफतार किया है गिरफतार नक्सलियों के पास से एक मोटरसाईकिल चार मोबाइल और संगठन का रसीद तथा पर्चा भी बरामद किया गया है इधर जिले के ही मरांगहादा थाना क्षेत्र से पुलिस ने अंतरराज्यीय ठगी गिरोह के चार सदस्यों को भी गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है

गोड़डा जिले में किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत कृषि विज्ञान केंद्र में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया

इसी के तहत आज पलामू के उपायुक्त शषि रंजन ने जिले के आला अधिकारियों ने शहर के विभन्न छठ घाटों को दौरा शुरू कर दिया है छठ व्रतियों को अर्घ्य देने में कोई भी असुविधा ना हो इसके लिए उपायुक्त ने निरीक्षण के क्रम में छठ घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ स्वच्छता का भी विषेष ध्यान रखने का निर्देष दिया इस दौरान पदाधिकारियों ने टाउन हॉल के समीप छठ घाट बेलवाटिकर पम्पुकल के पास मौजूद छठ घाट सहित अन्य छठ घाटों का निरीक्षण किया नदी में जिन घाटों पर पानी ज्यादा है उपायुक्त ने वहां सुरक्षा के नाते बैरिकेटिंग करवाने का निर्देश दिया इसके अलावा उन्होंने बेलवा टिकर पम्पुकल के पास स्थित छठ घाट पर लोगों के आवागमन के लिए एक अस्थायी रास्ता बनाने का निर्देश दिया अब संक्षिप्त खबरें राज्यपाल द्रौपदी मुर्म से रांची नगर निगम की महापौर आशा लकड़ा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने आज राज भवन जाकर उनसे मुलाकात की और विभिन्न मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा

रांची के बुंडू थाना पुलिस मोटरसाईकिल चोरी करने वाले गिरोह के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया है गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर चार स्कूटी और एक मोटरसाईकिल को बरामद किया गया है

रांची कराटे एसोसिएशन को इसकी